मुख्यमंत्री ने गत सायं दुबई में हिमाचली समुदाया के सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदार स्वभाव के कारण हिमाचल के लोगों ने दुनियाभर में अपनी विशेष पहचान बनाई है उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रवासियों का संयुक्त अरब अमीरात के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचालियों ने न केवल व्यवसायिक दुनिया में अपनी जगह बनाई है बल्कि चिकित्सा और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में भी बड़ा योगदान दिया है बिंदल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है राजीव बिंदल नाहन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों के अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए लोगों को सम्बोधित कर रहे थे बिंदल ने कहा कि विकास समाप्त न होने वाली अनंत प्रक्रिया है और समय के साथ साथ लोगों की आशाएं व अकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं उन्होंने कहा कि नाहन विधानसभा क्षेत्र को विकास का मॉडल बनाने के लिए तैयार किए गए रोडमैप पर कार्य जारी है मारकण्डा कृषि सूचना प्रौद्योगिकी व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकण्डा ने अधिकारियों को लाहौल स्पिति में चल रहे विकास कार्यो को निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा करने और गृणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को कहा है मारकण्डा आज काज़ा में जनजातीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे बैठक में स्पीति घाटी में गत वर्ष हुए और इस वर्ष चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा हुई मारकण्डा ने बाद में की गांव में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार घाटी के हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी और हर खेत को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित कर रही है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए एनएसयूआई के साथ अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ा जाना चाहिए राठौर आज शिमला में प्रदेश एनएसयूआई की एक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से कॉलेजों में छात्र संगठन के चुनाव न होने की वजह से एनएसयूआई में सदस्यता नहीं हो पाई है इस वजह से पार्टी में नए सदस्य नहीं जुड़ पाए ओंकार मॉनसून के दौरान संचार व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए आज शिमला में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव ऑकार चंद शर्मा की निगरानी में मॉकड़िल का आयोजन किया गया इस मौके पर ओंकार चंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में आपातकालीन सुधार के तहत सैटेलाईट फोन की सुविधा को बढ़ाया गया है क्योंकि पिछले साल मॉनसून और बर्फबारी के दौरान संचार व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई थी

सुशील रतन पूर्व विधायक व स्वतंत्रता सेनानी सुशील रतन का आज पीजीआई चण्डीगढ़ में निधन हो गया

पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सुशील रतन के निधन पर गहरा दुख जताया है तथा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं कांग्रेस नेताओं ने अपने शोक संदेश में कहा है कि पार्टी ने एक देशभक्त और कर्मठ नेता को खो दिया है जिसकी कमी कभी पूरी नहीं होगी स्कैब बागवानी विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा है कि स्कैब रोग के नियंत्रण के लिए बागवानी निदेशालय स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है उन्होंने कहा कि ये कदम राज्य के कुछ सेब उत्पादक क्षेत्रों में स्कैब रोग के लक्षण पाए जाने के बाद उठाए गए हैं प्रवक्ता ने कहा कि विभाग स्कैब रोग के लिए छिड़काव सारणी तैयार करवाता है और इसके अनुसार दवाईयों को वितरण किया जाता है लेकिन प्रत्येक सावधानियों के बावजूद इस वर्ष कुछ क्षेत्रों में इस रोग के लक्षण सामने आए हैं